राज्य सरकार ने केन्द्र से कहा कोरोना के इलाज के लिए देशभर में हो एक समान चिकित्सा प्रोटोकॉल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

मंगलवार को कोन्द्र और किसानों के बीच वार्ता के तीसरे दौर में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने केन्द्र का पक्ष रखा था इस दौरान श्री तोमर ने कहा था कि किसानों का कल्याण और कृषि विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने दोहराया कि कृषि सुधारों के नए कानूनों को किसानों के हित में लागू किया गया है श्री तोमर ने कहा कि यदि किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं पर विचार के लिए पूरी तरह से तैयार है

अब यह वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में आने लगेगी

कंपनी के सीईओ का कहना है कि टीके की करोड़ों खुराक मौजूद हैं और जितनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी उतनी जल्दी उसे उपयोग के लिए भेज दिया जाएगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्य में कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने आए केन्द्रीय दल से यह बात कही उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी राज्यों में कोरोना का अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से उपचार किया जा रहा है इससे रोगियों और चिकित्सकों में भ्रांतियां बनी हुई है उन्होंने आग्रह किया कि केन्द्र सरकार इस दिशा में पहल करे और आईसीएमआर के माध्यम से देशभर के लिए एक समान प्रोटोकॉल निर्धारित करे श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में कोरोना की रिकवरी दर अच्छी है और मृत्यु दर को लगातार एक प्रतिशत से नीचे रखने में कामयाब रहे हैं इस बीच नीति आयोग के सदस्य वी के कॉल ने मृत्यु दर शून्य दशमलव पांच प्रतिशत तक लाने कोरोना संकमण की चेन तोड़ने के लिए जांच बढ़ाने प्रभावी कंटेनमेंट जोन गहन कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग और सीरो सर्वे तथा क्वारेंटीन व्यवस्थाओं पर सुझाव भी दिए उन्होंने कहा कि राजस्थान कोरोना की रोकथाम में अन्य कई राज्यों के मुकाबले आगे है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेएक ट्वीट संदेश में उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है इधर जयपूर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पृथ्वीराज का कल जयपुर में कोरोना संकमण से निधन हो गया

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे एक श्रोता का संदेश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

इससे ऑनलाइन ई चालान से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भष्ट्राचार पर रोक लगेगी इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पीओएस मशीन से ई चालान होगा